भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय किकेट मैच आज कैनबरा में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

कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि केन्द्र सरकार किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए हमेशा कटिबद्ध है और उनके कल्याण के मुददों पर बातचीत के रास्ते हमेशा खूले हैं कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने कल नई दिल्ली में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की बैठक में मंत्रियों ने दोहराया कि कृषि सुधार कानूनों से देश के किसानों को बहुत अधिक लाभ होगा बैठक में कृषि कानूनों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई इस दौरान उन्होंने एक विशेषज्ञ सभिति बनाने का प्रस्ताव रखा ताकि किसानों के मुद्दों को आपसी सहमति से सुलझाया जा सके बैठक के दौरान सरकार की ओर से किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को कृषि सुधार कानूनों से संबंधित विशिष्ट मुददों की पहचान करने और साझा करने का सुझाव दिया गया जिन पर कल होने वाली चौर्थे दौर की बातचीत में विचार किया जा सके बैठक के बाद कृषि मंत्री ने किसानों से आंदोलन समाप्त करने और बातचीत के लिए आगे आने की अपील की

कल तक नाम वापस लिये जा सकेंगे शुक्रवार को चुनाव चिन्हों का आवंटन होगा और प्रत्याशियों की सूचियां जारी की जायेंगी

उन्होंने कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट में इस बात को लेकर सवाल उठाए गए थे कि क्या नई शिक्षा नीति में आरक्षण जारी रहेगा श्री पोखरियाल ने कहा कि प्रकाशित लेखों के अनुसार कृष्ठ राजनेताओं ने इस पर संदेह जताया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में देश के शैक्षणिक परिदृश्य के प्रावधानों को कमजोर किया जा सकता है जबकि ऐसा नहीं है संविधान के तहत प्रदत्त आरक्षण नीति बनी रहेगी

इस बीच कल संकमण के मामलों में थोड़ी और गिरावट आई

कोरोना महामारी के कारण पिछले करीब आठ महीनों से बंद जयपुर के गोविंद देवजी का मंदिर कल से श्रद्धालुओं के लिए खुल गया है कोविड प्रोटोकॉल के साथ श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया गया जयपुर में रात्रि कफ्र्यू के चलते श्रद्धालुओं का मंगला और शयन झांकी में प्रवेश वर्जित रहेगा केन्द्र सरकार द्वारा कोरोना जागरूकता के लिए जन आंदोलन जारी है इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में चलाई जा रही विशेष श्रृखंला जनता का संदेश जनता के नाम के तहत सुनिये हमारे एक श्रोता का संदेश

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन एक दिवसीय किकेट मैचों की श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मुकाबला आज कैनबरा में खेला जाएगा